स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के चार दिवसीय दौरे पर पहचे राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजब्त बनाने पर जोर देते हुए म्यांमा की सीमा से लगे मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना पर चर्चा की श्री रावत ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से सीमांत क्षेत्रों में सड़को के विकास के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन देते हए परियाजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को तेजी से प्रा करने को कहा राज्यपाल दवारा अरुणाचल प्रदेश में और सैनिक स्कूलों को स्थापित करने के आग्रह पर श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन देशभर में सौ नए सैनिक स्कूल खोलने का है और अरुणाचल प्रदेश को इसके लिए प्रस्ताव देने के अलावा आवश्यक ब्नियादी स्विधा म्हैया कराना चाहिए

राज्य सरकार के ग़ह विभाग की तरफ से कल जारी किए गए आदेश के म्ताबिक मारी रीबा को सेंट्रल रेंज पासीघाट का डी आई जी निय्क्त किया गया है तोजो कारगा को ईटानगर में एस पी जेल बनाया गया है

स्मित झा को ईस्ट सियांग जिले का एस पी जबकि नेहा यादव को अंजाव जिले का एस पी बनाया गया है हेमंत तिवारी को एस आई सी विजिलेंस और तारु ग्सर को कामले जिलें का एस पी नियुक्त किया गया है

आज से देश में टीकाकरण का तीसरा चरण श्रु हो गया है जिसके तहत पैंतालीस साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है इस श्रेणी में एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले पैदा हए व्यक्ति शामिल है इधर अरुणाचल प्रदेश में आज से सभी जिलो में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोंगो को कोविड का टीका लगाया जा रहा है तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलग्न में संस्थान के चीफ मेडिकल स्परिटेंडेंट हागे अम्बिंग और जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने टीकाकरण के तीसरे चरण का श्भारंभ करते हए लोगों से कोविन पोर्टल पर कोविड वैक्सिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की पाप्म पारे जिले के साम्दायिक स्वास्थ्य केंद्र दोईम्ख और सागाली में आज कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत वैक्सीन लगवाने के लिए पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगो की कतारें दखी गई दोईम्ख में राज्यसभा सासंद नाबम रिबिया ने लोगों से अफवाहो पर ध्यान न देते हए जल्द टीका लगवाने की अपील की